एक सौ सौलह नए मामलो में से बत्तीस मामला चांगलांग जिले से बीस वेस्ट कामेंग से ईस्ट सियांग से उन्नीस ईस्ट कामेंग जिले से दस वेस्ट सियांग से आठ ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सात लोहित से छह लोअर सियांग से चार पाप्म पारे जिले तीन और अंजाव तथा तवांग जिले से से दो दो मामला जबकि कामले अपर स्बनसिरी और शी योमी जिलों से एक एक मामला सामने आया है इन सभी संक्रमित मामलो में से तेरह मामलो को छोड़कर सभी असिम्टोमेटिक है

ईटानगर में ग्रुवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हए अरुणाचल प्रदेश प्लिस महानिरीक्षक कान्न एवं व्यवस्था च्क् आपा ने कहा कि राज्य प्लिस को विभिन्न स्रोतो से खबर मिल रही है कि असामाजिक तत्व बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की योजना बना रहे है और उन्होंने पी आर सी की घटना को फिर से दोहराने की प्रतिज्ञा ली है उन्होंने कहा कि प्रशासन और प्लिस विभाग इसे गंभीरता से ले रहे है और तदन्सार तैयारी भी की जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार प्लिस साक्ष्य आधारित प्लिसिंग कर रहे है और वीडियों एवं विज्अल को केप्चर करने के लिए ड्रोन का व्यापक उपयोग किया जाएगा और अधिकारी बॉडी वियर कैमरे पहनेंगे श्री आपा ने बताया कि प्लिस फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी तैनात करेंगे ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने पर प्लिस को जाँच में मदद मिल सके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्धवार को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अराजपत्रित पदो पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सी ई टी आयोजित करने के लिए एन आर ए की स्थापना को मंज्री दे दी थी इस निर्णय की प्रशंसा करते हए श्री खांड्र ने कहा कि इस कदम से गरीब उम्मीदवारों को लाभ होगा क्योंकि वर्तमान प्रणाली में उन्हें कई एजेंसियो दवारा आयोजित कई परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है श्री खांडू ने कहा कि उन्हे परीक्षा श्ल्क यात्रा बोर्डिंग लॉजिंग और अन्य चीजो पर खर्च करना पड़ता है उन्होंने कहा कि एकल परीक्षा से ऐसे उम्मीदवारो पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है

म्ख्यमंत्री को श्भकामनाए देते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि श्री खांडू अरुणाचल प्रदेश को बदलने और राज्य के य्वाओ को सशक्त बनाने के लिए अग्रणी कार्य कर रहे है श्री मोदी ने लोगो की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है

श्रीमोदी ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक साम्हिक प्रयासों को साझा करने को कहा है

वे अपने विचार नमो ऐप्प या माई गोव पर भी भेज सकते हैं

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उदयोग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में श्री तोमर ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना पर विशेष ध्यान देते हए किसानों के कल्याण के लिए अनेक प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले चार वर्ष तक उपयोग के लिए एक लाख करोड रूपये का कृषि अवसंरचना कोष बनाया है केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस कोष से फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रसंस्करण स्विधाएं संजित की जाएंगी उन्होंने कहा कि इससे कृषि संबंधी ब्नियादी ढांचा मजबूत करने भंडारण ग़हों कोल्ड स्टोरेज के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन स्विधाएं बढाने में मदद मिलेगी इससे किसानों की आय बढेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढावा मिलेगा श्री तोमर ने कहा कि देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है